आंध्रप्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से कल दोपहर बाद दो बजकर तिरालीस मिनट पर इसे जीएसएलवी मार्क थ्री रॉकेट से भेजा जाएगा छह सौ चालीस टन भार ले जाने में सक्षम यह रॉकेट चंद्रयान दो को पृथ्वी की वलयाकार कक्षा में लेकर जाएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अनुसार चंद्रयान दो तेईस दिन तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा इसके बाद यह पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा प्रक्षेपण के तीसवें दिन यह चंद्रमा की कक्षा में पहुंच जाएगा उसके बाद तेरह दिन तक यह चंद्रमा की परिक्रमा करेगा चंद्रयान दो का लैंडर विक्रम तिरालीसवें दिन ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा उसके बाद यह धीमी गति से चंद्रमा के निकट पहुंचेगा अड़तालीसवें दिन यानी सात सितम्बर को इसके चंद्रमा के दक्षिणी ध्र्व पर उतरने की आशा है आजीविका मिशन राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान प्रदेश के सत्ताईस विकासखंड़ों में अब रोजगार के साथ ही खाद्य सुरक्षा और पोषण के अलावा स्वच्छता पर भी ध्यान देगी इसको प्रभावी रूप से लागू करने के लिए मिशन द्वारा निमोरा स्थित ग्रामीण विकास संस्थान में तीन दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव नीता केजरीवाल ने कहा कि सभी विभागों के समन्वित प्रयास से ही हम गांव में रोजगार के साथ खाद्य सुरक्षा पोषण बेहतर स्वास्थ्य पेयजल और स्वच्छता का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं इस अवसर पर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के संचालक अभिजीत सिंह ने कार्यशाला में शामिल विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों से अपने अपने विभागों की योजनाओं के जरिये इसमें योगदान देने कहा

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डाक्टर हर्षवर्धन ने कल हैदराबाद में कहा कि इस कार्यक्रम के तहत देशभर में डेढ़ लाख स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम सबके लिये स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का एक सफल मॉडल है उन्होंने परिषद के वैज्ञानिकों और अधिकारियों से खासकर असाधारण जीन आनुवांशिक रोगों के निदान के लिये मौलिक पहल करने और सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार ने वर्ष दो हजार पच्चीस तक देश से तपेदिक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है मुख्यमंत्री निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्कूली छात्राओं और श्रमिक महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण तथा ब्रांडेड सायकल प्रदान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शासकीय कार्यालयों में उपयोग होने वाले कपड़ों की खरीदी छत्तीसगढ़ हथकरघा विकास और विपणन सहकारी संघ के माध्यम से करने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया है मुख्यमंत्री के इस निर्णय से सहकारी संघ के जुड़े बुनकरों को सीधा लाभ मिलेगा मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अट्ठाईस जुलाई को सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी होगी कार्यक्रम की पिछली कड़ी में प्रधानमंत्री ने किताबों के महत्व पर अपनी बात रखते हुए कहा था कि लोगों को रोज पढ़ने की आदत डालनी चाहिए प्रधानमंत्री ने इस सिलसिले में केरल के अक्षर पुस्तकालय का उल्लेख भी किया था जो इडुक्की के घने जंगलों के बीच बसे गांव में है और जनजातीय बच्चों का पथ प्रदर्शन कर रहा है

यह केन्द्र राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार के अंतर्गत स्थापित किया गया है यह प्रदेश का एकमात्र कृषि उद्यमिता विकास केन्द्र है इस केन्द्र की स्थापना का उद्देश्य इसके फायदे और इससे जुड़े अन्य पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए आकाशवाणी समाचार ने इस केन्द्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हुलास पाठक से बात की इस बातचीत का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे शीला दीक्षित अंतिम संस्कार कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का अंतिम संस्कार आज राजकीय सम्मान के साथ निगम बोध घाट पर किया गया इससे पहले शीला दीक्षित का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस मुख्यालय पर रखा गया था जहां बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी सुषमा स्वराज और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उनके निवास पर जाकर श्रद्धांजलि दी कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित अनेक नेताओं ने श्रद्वांजलि अर्पित की थी गौरतलब है कि श्रीमती दीक्षित का कल दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था वे इकयासी वर्ष की थीं हज यात्री किट वितरण प्रदेश के स्कूल शिक्षा और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा है कि सरकार हज यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत् है उन्होंने कहा कि यात्रा को सुगम बनाने के लिए सरकार हज कमेटी को हरसंभव मदद कर रही है श्री टेकाम ने कहा कि प्रदेश में हज हाउस का निर्माण राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है रायपुर के रविन्द्र मंच में आयोजित हज किट वितरण और स्वास्थ्य परीक्षण समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हज यात्री राज्य की तरक्की सुख शांति और समुद्धि की दुआं मांगे इस अवसर पर उन्होंने हज किट वितरण कार्य का शुभारंभ भी किया गौरतलब है कि इस साल पांच सौ बासठ लोग हज यात्रा के लिए जाएंगे

मिली जानकारी के अनुसार जिले के कोंटा थाना प्रभारी के सामने माओवादी सोयम नंदा और मुचाकी बुधरा ने आज आत्मसमर्पण किया सोयम नंदा पर पुलिस ने एक लाख रूपये का इनाम घोषित किया था इन दोनों पर विभिन्न माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है वहीं इसी जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए तीन आईईडी बमों को सुरक्षा बलों ने बरामद किया है मिली जानकारी के अनुसार जिला पुलिस बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान के दौरान एर्राबोर साप्ताहिक बाजार के पीछे स्थित मैदान से इन विस्फोटकों को बरामद किया माओवादी पर्चा माओवादी संगठन ने पर्चा जारी कर बीते एक साल में छियानवे माओवादियों के मारे जाने की बात स्वीकार की है हमारे संवाददाता ने बताया कि माओवादी संगठन के दक्षिण बस्तर सब जोनल कमेटी ने एक पर्चा जारी किया है इसमें माओवादियों ने जुलाई दो हजार अट्ठारह से जुलाई दो हजार उन्नीस के बीच छियानवे माओवादियों के मारे जाने की बात स्वीकार की है जिसमें दक्षिण बस्तर जोन में संतावन माओवादी मारे गए हैं इधर पुलिस ने कहा है कि पुलिस और सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव के कारण बीते एक वर्ष में यह उपलब्धि मिली है सावन सोमवार सावन महीने का पहला सोमवार कल से शुरू हो रहा है श्रावण मास को लेकर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न शिव मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं मंदिरों को आकर्षक तरीके से सजाया जा रहा है रायपुर शहर के महादेवघाट स्थित हटकेश्वर महादेव बूढ़ापारा के बूढ़ेश्वर महादेव राजिम स्थित कुलेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए श्रद्वालुओं की भारी भीड़ लगती हैं संभावित भीड़ के मद्देनजर पहले से ही प्रबंध शुरू कर दिए गए हैं प्रदेशभर के शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की तैयारी की जा रही है संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन में केन्द्रीय जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने सौजन्य मुलाकात की जांजगीर चांपा जिले के घोघरी गांव में फर्जी ऋण पुस्तिका बनाकर पचयासी क्विंटल धान बेचने के आरोप में एक किसान को गिरफ्तार किया गया है बिलासपुर में आज एकदिवसीय साइबर अपराध से संबंधित विवेचना विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया बलौदाबाजार जिले में अवैध शराब रखने के दो अलग अलग मामले में एक महिला सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जांजगीर चांपा जिले के नैला में डायरिया से प्रभावित सात और मरीजों की पहचान की गई है